कांग्रेस घोषणा पत्र राज्य विधानसभा चुनाव के चलते प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज अपना वचनपत्र जारी किया इसमें किसानों युवाओं पुलिस खिलाड़ियों कर्मचारियों और उद्योगों पर विशेष फोकस किया गया है

इसके अलावा ग्राम सभा की अनुशंसा पर फसल बीमा देने किसान आंदोलन के दौरान दर्ज सभी प्रकरण वापस करने दूध उत्पादक किसानों को दुग्ध संघ के माध्यम से पांच रुपए प्रति लीटर बोनस देने का वायदा किया है

अमरकंटक को संरक्षित करने नर्मदा संरक्षण समिति का गठन होगा

युवाओं लिये वायदे किये गये हैं कि पांच साल तक बेरोजगारों को चार हजार रुपए का भत्ता दिया जायेगा और उद्योगों में एमपी के युवाओं को रोजगार देने वालों को बढ़ावा देंगे

चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और चुनावी शोरगुल शाम पांच बजे तक थम जायेगा

शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं सुकमा बीजापुर दंतेवाड़ा सहित अन्य माओवादी प्रभावित इलाकों के अंदरूनी क्षेत्रों के लिए मतदान पार्टियों पूरी सुरक्षा के साथ रवाना कर दी गई है

वचनपत्र बयान केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के वचनपत्र पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी झूठ के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस के वचनपत्र और भाजपा के दृष्टिपत्र में बहत अंतर है भाजपा का दृष्टिपत्र सच और वास्तविकता के आधार पर होगा वहीं भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कहा कि कांग्रेस का वचनपत्र दरअसल वचनभंग पत्र है उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में प्रदेश का जो हाल किया था वह जनता भूली नहीं है और इस बार फिर चुनाव में यह साबित हो जाएगा कि जनता को भाजपा की नीतियों में पूरा भरोसा है शिवराज संवाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक प्रत्याशी सेनापति है और यह सेनापति पार्टी की सामूहिक ताकत का प्रतीक है आज प्रदेश के समी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से आडियो कान्फ्रेसिंग करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव में जीत हासिल करने के लिए रोड मैप बनाएं और उस पर व्यवस्थित तरीके से अमल करें

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन करें इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं सीएम दौरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने मध्यप्रदेश को बरबाद कर दिया था यहां सडको का नामोनिशान नहीं था लेकिन भाजपा सरकार ने सबके कल्याण के लिए योजनाए बनाई आज अनूपपुर जिले के दमेहडी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुष्पराजगढ क्षेत्र की जनता के लिए ठोस पेय जल योजनाएं बनेगी राजनाथ गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एकीकृत जांच चौकियों और सीमा प्रबंधन परियोजनाओं की समीक्षा करने के बाद अधिकारियों को लम्बित कार्य जल्दी पूरा करने के निर्देश दिये हैं कल नई दिल्ली में एक बैठक में मौजूदा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया

लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी और प्राचार्यो को निर्देश जारी कर दिये हैं एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस प्रतियोगिता में संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेता अठहत्तर बच्चे शामिल होंगे इस उत्सव के तहत राजधानी के शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या विद्यालय और सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर विद्यालय में पेण्टिंग एकल नृत्य सुगम संगीत और गायन स्पर्धाये आयोजित की जायेंगी इनमें विजेता प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले कला उत्सव में शामिल होने का अवसर मिलेगा मौसम कश्मीर में हो रही बर्फवारी का असर पूरे प्रदेश में दिखने लगा है प्रदेश के सभी जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है सर्द हवा के चलने से राजधानी भोपाल के तापमान में करीब तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है यहां का न्यूनतम तापमान बारह दशमलव सात डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जो कल के मुकाबले एक दशमलव सात डिग्री सेल्सियस कम रहा वहीं अधिकतम तापमान में भी गिरावट आई है यह तापमान शून्य दशमल पांच सेल्सियस कम हुआ है जो सामान्य से एक दशमलव दो डिग्री सेल्सियस कम है मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अगले चौबीस घण्टों में सर्दी और बढ़ सकती है

इसके लिये जिला निर्वाचन कार्यालय ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है

उन्होने सासंद कांतिलाल भूरिया पर परिवारवाद को बढावा देने का आरोप लगाया है